ग्यारह नये चेहरों को मिली जगह

जदयू के विजय कुमार चौधरी शिक्षा और ज़मा ख़ान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने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

राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोन्द्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन सहित सत्रह मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई आज के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा से नौ और जदयू से आठ सदस्यों को शपथ दिलायी गयी है इसके साथ ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर इकतीस हो गयी है शाहनवाज हुसैन के अलावा भाजपा से सम्राट चौधरी सुबाष सिंह आलोक रंजन प्रमोद कुमार जनक राम नारायण प्रसाद नितिन नवीन और नीरज कुमार बबलू मंत्रिमंडल में शामिल किये गये हैं वहीं जनता दल यूनाइटेड कोटे से श्रवण कुमार लेसी सिंह जयंत राज सुनिल कुमार मदन सहनी ज़मा ख़ान और सुमित कुमार सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गयी है ज़मा ख़ान हाल ही मे बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे सुमित कुमार सिंह निर्दलीय विधायक हैं जो सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं सैयद शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में शपथ ली संजय झा नीरज कुमार बबलू और आलोक रंजन ने मैथिली में शपथ ली आज जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनमें से तीन विधान परिषद् के जबकि तेरह विधानसभा के सदस्य हैं पूर्व सांसद जनक राम अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं वहीं मंत्रिमंडल में आज शामिल ग्यारह सदस्य पहली बार मंत्री बने हैं पहली बार चुनाव जीतकर आये सेवानिवृत्त आईपीएस सुनील कुमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है गौरतलब है कि नीतीश मंत्रिमंडल का गठन सोलह नवम्बर दो हजार बीस को हुआ था तब मुख्यमंत्री समेत पन्द्रह लोगों ने शपथ ली थी जिनमें से एक मेवालाल चौधरी ने बाद में इस्तीफा दे दिया था संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल छत्तीस मंत्री हो सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है पहले से मंत्रिमंडल में शामिल चौदह मंत्रियों में से कई के विभागों में भी बदलाव किये गये है सैयद शाहनवाज हुसैन को उद्योग नितिन नवीन को पथ निर्माण सम्राट चौधरी को पंचायती राज सुमित कुमार सिंह को विज्ञान और प्रावैधिकी मंत्री बनाया गया है पिछली सरकार में शामिल श्रवण कुमार फिर से ग्रामीण विकास और संजय झा जल संसाधन मंत्री बनाये गये हैं संजय झा के पास सूचना और जनसंपर्क विभाग का प्रभार भी रहेगा जदयू के वरिष्ठ नेता मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग और भाजपा नेता प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग तथा विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है लेसी सिंह को खाद्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है सुबाष सिंह को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है वहीं सहरसा के विधायक आलोक रंजन कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री बनाये गये हैं मोहम्मद जमां खान अल्पसंख्यक कल्याण और जनक राम को खान तथा भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल नीरज कुमार सिंह बबलू को पर्यावरण वन विभाग तथा जलवायु परिवर्तन विभाग का मंत्री बनाया गया है गोपालगंज जिले के भोरे से विधायक सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री बनाये गये हैं बांका जिले के अमरपुर से विधायक जयंत राज को ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में सभी वर्गों और क्षेत्रों का ध्यान में रखा गया है

एक दिन में एक सौ उनतीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार चौवन हो गई है वहीं इसी अवधि में छप्पन नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार तीन सौ पचपन हो गया है पिछले चौबीस घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ सत्रह हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ तिरासी है प्रदेश में अब तक तीन लाख संतानवे हजार दो सौ इक्यानवे स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सोलह हजार आठ सौ तिरानवे लोगों का टीकाकरण हुआ इसमें आठ हजार चार सौ पैंतीस स्वास्थ्यकर्मी और आठ हजार चार सौ अंठावन अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं लाभार्थियों के स्वास्थ्य पर टीके का कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक तिरसठ लाख दस हजार से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये गए हैं देश में टीकाकरण अभियान सोलह जनवरी से शुरू किया गया था स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है उन्होंने कहा कि इन लोगों को दूसरी खूराक तेरह फरवरी से दी जाएगी श्री भूषण ने बताया कि केवल चौबीस दिन में साठ लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है अमरीका को साठ लाख लोगों को कोविड टीके देने में छब्बीस दिन और ब्रिटेन को छियालीस दिन लगे थे श्री भूषण ने कहा कि बारह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में पैंसठ प्रतिशत से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई है सात लाख पचहत्तर हजार से अधिक लोगों के फीडबैक के अनुसार सतानवे प्रतिशत से अधिक लोग वैक्सीन से संतृष्ट हैं श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है इस समय कोविड मरीजों की संख्या एक लाख पचास हजार से कम रह गई है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रमन शर्मा ने कहा है कि कोविड की वैक्सीन बेहद कारगर है उन्होंने कहा कि स्वयं वे कोविड का टीका ले चुके हैं और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई डाक्टर शर्मा ने लोगों से सोशल मीडिया पर कोविड को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों से सावधान रहने की अपील की है

दिन में धूप खिलने से जहां तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है वहीं कोहरे में भी कमी आयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक मोहम्मद जीशान अंसारी ने कहा कि अगले दो तीन दिनों में राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी

संसद में पेश केन्द्रीय बजट दो हजार इक्कीस बाईस में स्वास्थ्य क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के निर्माण को जोरदार तरीके से बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि इस साल का बजट छह स्तम्भों पर आधारित है जिनके नाम हैं स्वास्थ्य और आरोग्य आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के लिए भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना को बढ़ाना मानवीय पूंजी में नई जान फूंकना नवाचार अनुसंधान विकास और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन

इसके जरिये प्राथमिक द्वित्य और तृतीय स्तर की स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अतिरिक्त होगी

वहीं राज्यों और स्वायत निकायों पंजीकृत खर्च के लिए दो करोड़ रुपये से अधिक दिए जाएंगे

वे अंठावन वर्ष के थे राजीव कपूर स्वर्गीय अभिनेता और फिल्म निर्माता राजकपूर के पुत्र थे चैम्बूर में उनके निवास पर दिल का दौरा पड़ने के बाद राजीव कप्र को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया राजीव कप्र का जन्म पच्चीस अगस्त उन्नीस सौ बासठ को हुआ था उन्होंने उन्नीस सौ तिरासी में एक जान हैं हम फिल्म से कैरियर की शुरूआत की बाद में उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई राम तेरी गंगा मैली उनकी सुपरहिट फिल्म रही उन्होंने आसमान लवर बॉय हम तो चले परदेश और जबरदस्त जैसी फिल्मों में काम किया

न्यायामूर्ति सी एस सिंह की एकलपीठ ने नियोजित शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया गौरतलब है कि सरकार ने प्रशिक्षण के परिणाम निकलने की तारीख से ऐसे शिक्षकों को वेतनमान देने का फैसला किया था जिसके खिलाफ भागलपूर के अड़तीस नियोजित शिक्षकों ने याचिका दायर की थी औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अतंर्गत पांडूं गांव में सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पूलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात नक्सली मिथिलेश राय को गिरफ्तार कर लिया पकड़े गए नक्सली के खिलाफ रोहतास कैमूर समेत कई जिलों में गंभीर आपाराधिक मामले दर्ज हैं और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार

ग्यारह नये चेहरों को मिली जगह

जदयू के विजय कुमार चौधरी शिक्षा और ज़मा ख़ान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने